खाद्य आपूर्ति निगम को वर्दी खरीद का जिम्मा सौंपा गया है मुख्मयंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में कल देर शाम हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया मंत्रिमंडल ने स्कलों में एसएमसी के माध्यम से शिक्षकों के खाली पद भरने का भी निर्णय लिया है मंत्रिमंडल ने नागरिकों को उच्च व त्वरित सुविधाएं देने के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन स्थापित करने का भी निर्णय लिया है

शिमला से सटे पर्यटक स्थलों कुफरी और नारकंडा में भी बर्फ गिर रही है और इस वजह से उपरी शिमला के लिए वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई है समय पर बर्फबारी होने से शिमला जिले के उपरी क्षेत्रों के बागवान खुश हैं कुल्लू जिले के पर्यटन स्थल मनाली में भी बीती रात हिमपात हुआ हमारे कुल्लू प्रतिनिधि ने बताया कि मनाली में एक इंच के करीब बर्फ गिरी है प्रदेश के जनजातीय इलाकों लाहौल स्पीति किन्नौर और चंबा के पांगी व भरमौर में भी रूक रूक कर हिमपात हो रहा है भारी बर्फबारी से लाहौल स्पीति जिले की अंदरूनी सड़कें अवरूद्व हो गई हैं मौसम विभाग के निदेशक मनमोहन सिंह ने बताया कि पर्वतीय इलाकों में आज दिन भर बर्फबारी और निचले हिस्सों में बारिश का क्रम जारी रहेगा वहीं कल से मौसम के साफ होने की उम्मीद है आज समाचार पत्रों ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र और मंत्रिमंडल के निर्णय से जुड़ी खबरों को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है बस खरीद घोटाले की जांच के बाद सरकार लाएगी श्वेत पत्र पंजाब केसरी ने परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर के हवाले से लिखा है दो महीने के भीतर श्वेत पत्र लाएगी सरकार दैनिक भास्कर के शब्द हैं जेएनएनयूआरएम बस खरीद में जांच के आदेश श्वेत पत्र लाएगी सरकार आपका फैसला का शीर्षक है सतापक्ष व विपक्ष में जमकर हुई तीखी नोक झोंक मंत्रिमंडल के फैसले को दैनिक जागरण ने सुर्खी दी है खाद्य आपूर्ति निगम खरीदेगा अटल स्मार्ट वर्दी जबकि अमर उजाला का कहना है विवादित स्मार्ट स्कूल वर्दी के टेंडर रद्द नई खरीद को मंजूरी दैनिक भास्कर का शीर्षक है वर्दी खरीद टेंडर रद्द करने पर मुहर इस साल नहीं मिलेगी छात्रों को वर्दी हिमाचल दस्तक के अनुसार टेंडर रद्द अब अगले साल ही मिलेगी वर्दी दिव्य हिमाचल लिखता है हिमाचल में शुरू होगी सीएम हेल्यलाइन कैबिनेट की बैठक में फैसला पंजाब केसरी के शब्द हैं एस एमसी के माध्यम से भरे जाएंगे अध्यापकों के पद

भूमि खरीद को ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे निवेशक शीर्षक से दैनिक सवेरा टाइम्स ने लिखा है भूमि उपलब्यता के लिए लैंड बैंक बनाने की कोशिश में जयराम सरकार मौसम पर पंजाब केसरी का शीर्षक है रोहतांग में दो फुट हिमपात धौलाधार भी बर्फ से चमका